ये प्रस्कार युवाओं तथा स्वंय सेवी संसथाओं को हर वर्ष उनके राष्ट्रीय विकास में योगदान और समाज सेवा के लिए उतकृष्ट प्रदर्शन हेत् प्रदान किये गये है इस मौके पर बोलते हये श्री रिजिजू ने कहा कि किसी भी देश के लिए उसको एक विशेष मुकाम तक पहुंचाना पूरी तरह उस देश के युवाओं के योगदान पर निर्भर करता है उन्होंने कहा कि देश में युवाओं की संख्या अपार है और यदि वे सामंजस्य के साथ काम करे तो देश नई उचाईयों को छू सकता है लंदन में चल रहा तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता जंयी महोत्सव भव्य शोभा यात्रा के साथ सम्पन्न हआ तीसरे व अंतिम दिन राम मंदिर साउथ पोल लंदन से शोभा यात्रा निकाली गई जिसका श्रभारंभ हरियाणा सरकार के प्रतिनिधि व उद्योगमंत्री विप्ल गोयल ने किया उन्होंने श्रीमद भगवतगीता को अपने माथे पर रख कर द्वनिया को ये संदेश दिया कि यहीं वो ग्रंथ है जिससे विश्व शांति का संदेश प्रसारित व प्रचारित होगा शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में भारतीय मूल के स्थानीय लोगों के अलावा ब्रिटिश मूल के लोगों तथा कई देशों के गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया हरियाणा सरकार के आमंत्रण पर स्वामी शरणानंद जी महाराज स्वामी ज्ञानानंद महाराज तथा स्वामी परमात्मानंद जी महाराज भी गीता जयंती महोत्सव शोभा यात्रा में शामिल हये

खाद्यनागरिक एवं उपभोग मामले मंत्री कर्ण देव कम्बोज ने कहा है कि बेटी समाज की धरोह है बेटी के बिना समाज अध्रा है और बेटियां हर कार्य को करने में सक्षम है केवल जरूरत है उन्हें अवसर प्रदान करने की है वे आज करनाल में लाइली फाउडेंशन द्वारा द्वारा आयोजित आलोकिक कन्या पूजन महोत्सव में बोल रहे थे

पहलवान महावीर फोगाट तथा उनकी पदक विजेता बेटी बबीता फोगाट आज शाम नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गये है केन्द्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्री किरेन रिजिज् तथा पार्टी के महासचिव हरियाणा प्रभारी अनिल जैन इस मौके पर उपस्थित थे भाजपा में शामिल होने का कारण पूछे जोन पर महावीर फोगाट ने कहा कि वे नरेन्द्र मोदी सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों से प्रभावित है

पार्टी में शामिल होने के बाद श्री फोगाट व बबीता फोगाट भारतीय जनता पार्टीके कार्यकारी अध्यक्ष श्री जे पी नड्डा से भी मिलने गये

पुलिस विभाग के एक प्रवक्ता ने अनुसार इसके अलावा हिट एंड रनख् फायरिंग स्नैचिंग व मादक पदार्थ अधिनियम के तहत भी कोर्ट द्वारा छः आरोपियों को दोषी करार देते हये दस साल तक की सज़ा सुनाई गई है प्रवक्ता ने बताया कि प्लिस का काम केवल आरोपियों को पकड़ाना नहीं बल्कि अदालत में प्रभावी र्पेरवी कर उन्हें सज़ा दिलावना भी है ताकि अपराधियों में भय का माहौल रहे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चोटाला की धर्मपत्नी श्रीमती स्नेहलता का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव तेजाखेड़ा में किया जा रहा है हमारे संवाददाता ने खबर दी है उनके पार्थिव शरीर को ग्रूग्राम से पहले उनके निवास पर लगाया गया जहां उनको श्रद्वांजलियां अर्पित की गई पूर्व मुख्य ओम प्रकाश चोटाला अपनी धर्मपत्नी के अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए तिहाइ जेल से पेरोल पर तेजाखेड़ा पहुंचे उनके प्रत्र अजय चोटाला भी अंतिम संस्कार में पहुंच चुके है पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डा अशोक तंवर तथा बड़ी संख्या में राजसी नेताओं ने दिवंगत को श्रद्वाजंलि अर्पित की है आज देशभर के साथ पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ में ईद उल ज़्हा का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया रहा है राष्ट्रपति राम नाथ काविंद और उपराष्ट्रपति एम वैकेया नायडू ने ईद उल ज़ुहा के मौके पर देश वासियों को बधाई दी राष्ट्रपति कोविंद ने अपने संदेश में कहा कि ईद उल ज़्हा प्रेम भाईचारे और मानवता की सेवा का प्रतीक है उपराष्ट्रपति एम वैकेया नायड् ने कहा कि बलिदान का पर्व ईद उल ज़ुहा भारत और विश्व में पारस्परिक जोश और उल्लास के साथ मनाया जाता है उन्होंने कहा कि ये त्यौहार आस्था विश्वास और बलिदान के ग्रणों का गान करता है और साथ ही भाईचारे और एकता की भावनाओं को प्रेरित करता है श्री नायडू ने आशा जताई कि त्यौहारों से उद्वारता की भावना को बढ़ावा मिलेगा जिससे लोग एक दूसरे के और करीब आयेंगे प्रधानमंत्री ने ईद उल ज़्हा के मौके पर लोगों को श्भकामनायें दी अपने टिवीटर संदेश में श्री मोदी ने आशा जताई कि ये त्यौहार समाज में शांति ओर प्रसन्ना के भाव को बढ़ावा देगा हरियाणा के रेवाड़ी जिले में ईद उल् ज़ुहा का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया परम्परा के अनुसार हिन्दु मुस्लिम भाईयों ने मिलकर एक दूसरे को गले लगाकर बकरीद की मुबारकबाद दी भारी संख्या में ग्रामीणों ने नमाज़ अदा कर मुल्क व क्षेत्र में अमन शांति की द्आ मांगी उधर मुस्लिम समाज के लोगों ने बूडिया यमुनानगर स ौरा खिजराबाद जागधरी इलाकों में स्थित ईदगाहों व मस्जिदों में नमाज़ अदाकर शांति व सौहार्द की कामना की अम्बाला छावनी की जुना मजीद में आज सुबह नमाज़ अदा की गई जिसमें सैकड़ो लोगों ने भाग लिया पंचकूला की जामा मस्जिद में भी बकरीद उत्साह के साथ मनाई जा रही है इस मौके पर कानून व्यवसथा बनाये रखने के लिये प्लिस ने प्रख्ता इंतजाम किए थे उधर भिवानी के शाणा रोड स्थित ईदगाह में बकरीद की नमाज़ मौलवी अब्द्रल रहमान की शदारत में अता की गई उन्होंने क्रान की इबादेते पढ़कर कौम की बेहतरी और मुल्क में शांति का इबादत की ईदगाह से सुबह ही आना जाना शुरू हो गया था नमाज़ के बाद सभी ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी करनाल से निकाली गई भव्य सावन जोत का विसर्जन हरिद्वार में पावन गंगा में किया गया इससे पूर्व सावन जोत का हरिद्वार में पहुंचने पर उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा स्वागत किया गया इस मौके पर भजनगढ़ आश्रम के महंत मोहन सिंह जी ने ज्योत प्रचंड की श्री अग्रवाल ने अपने सम्बोधन में कहा कि सावन ज्योत सभा करनाल द्वारा हर वर्ष सावन जोत का भव्य आयोजन किया जाता है